बुन्देलखंड विन्ध्य क्षेत्र और दिमागी ब्रखार से प्रभावित क्षेत्रों के गांवों का हुआ चयन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज रवांडा की राजधानी किगाली में नरसंहार स्मारक का दौरा किया गौरतलब है कि श्री मोदी तीन अफ्रीकी देशों रवांडा युगांडा और दक्षिण अफ्रीका की पांच दिनों की यात्रा पर है

गौ दान के उपलक्ष्य में रवेरू आदर्श ग्राम में एक समारोह आयोजित किया गया जिसमें रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रवांडा की दो दिन की यात्रा पर कल किगाली पहुंचे थे श्री मोदी और रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे के बीच किगाली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता में विभिन्न मुद्दों और द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को मजबूत बनाने पर विचार विमर्श हुआ दोनों देशों ने रक्षा व्यापार कृषि चमड़ा और संबंधित उत्पादों तथा डेरी क्षेत्रों में आठ समझौतों पर हस्ताक्षर किए

संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत जल्द ही रवांडा में उच्चायोग खोलेगा मझे ये बताते हुए यह प्रसन्नता है कि हम शीघ्र ही रवांडा में हाई कमीशन खोलने वाले हैं इससे न सिर्फ हमारी सरकारों के बीच घनिष्ट संवाद संभव होगा साथ ही काऊंसलर पासपोर्ट और वीजा तथा अन्य सुविधाएं भी सुलम होगी हम दोनों देशों के बीच संबंधों को आने वाले समय में और अधिक उच्च स्तर पर ले जाने के लिए आशान्वित है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत के लिए गौरव की बात है कि वह रवांडा को आर्थिक विकास की यात्रा में उसके साथ खड़ा है और उसके विकास के लिए निरंतर सहयोग करता रहेगा रवांडा के राष्ट्रपति श्री कगामे ने कहा कि श्री मोदी की यात्रा दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही मैत्री और सहयोग का प्रतीक है बाद में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मूल के लोगों ने समूचे विश्व में अपनी पहचान बनाई है और वे ही भारत के राजदूत हैं यात्रा के दूसरे चरण में आज प्रधानमंत्री का युगांडा में कार्यक्रम है यात्रा के अंतिम चरण में श्री मोदी दसवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग के लिए रवाना होंगे मंत्रिपरिषद ने बुन्देलखंड विन्ध्य क्षेत्र और दिमागी बुखार से प्रभावित क्षेत्रों के छह हजार दो सौ चालीस गांवों को पाइप लाइन से पेयजल उपलब्ध कराने की एक महत्वाकांक्षी योजना को स्वीकृति प्रदान की है

बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि परियोजना को लागू करने के लिए सलाहकार कम्पनी के चयन का कार्य तत्काल शुरू किया जा रहा है उन्होंने बताया कि प्रदेश में केवल चार प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप लाइन के जरिये पेयजल की आपूर्ति की जा रही है जबकि केरल तमिलनाडु कर्नाटक और पंजाब जैसे राज्यों में पचहत्तर प्रतिशत गांवों को यह सुविधा प्राप्त है उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से लागू की जा रही इस परियोजना के तहत केन्द्र सरकार वर्ष दो हजार बाईस तक अधिकांश गांवों में पाइप के जरिये पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयास कर रही है श्री सिंह ने बताया कि मंत्रिमंडल की आज की बैठक में सात प्रस्तावों को स्वीकार किया गया इनमें इलाहाबाद में अगले वर्ष लगने वाले कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवाहन अग्नि निर्मोहो अखाड़ों के साथ साथ बाघम्बरी गददी की जमीन पर आधारभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए पांच करोड़ रूपये से ज्यादा की धनराशि स्वीकृत की गई है उन्होंने बताया कि एक अन्य प्रस्ताव के तहत लखनऊ स्थित संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में लीवर ट्रांस प्लांट विभाग के भवन निर्माण के लिए सड़सठ करोड़ से ज्यादा की धनराशि पुनरीक्षित लागत के रूप में स्वीकृत की गई है उन्होंने बताया कि मिर्जापुर में पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जिस मेडिकल कॉलेज के निर्माण का शिलान्यास किया था उसके लिए जिला चिकित्सालय और कृषि विभाग की बीस एकड़ से ज्यादा जमीन मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि आगामी आम चुनाव के लिहाज से विपक्षी दलों के बीच महागठबंधन के प्रयास सफल नहीं होंगे पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने आज लखनऊ में पत्रकारों से कहा कि विपक्षी दल महागठबंधन के करीब जितना पहुंचने का प्रयास करेंगे गठबंधन उतना ही दूर होता जायेगा बाइट घोर द्रपहरी के अंदर और भीषण गर्मी के अंदर जब आप जाते हैं और मैं भीषण गर्मी इसलिए कह रहा हूं कि चुनाव की गर्मी भी आ जाएगी उसका उदाहरण से जोड़ रहा ह् जब जात हैं रोड पर देखते हैं तो एक निराशा दिखता है जितना आप उसके निकट जाएंगे उतना ही दूर जाएगा तो यह महागठबंधन उसी तरह से है तो इसलिए यह इन लोगों को देखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है जितना महागठबंधन के पास लोग सोचेंगे कि आ गए वह उतना ही दूर जाता रहेगा श्री सिंह ने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखने को लेकर राज्यपाल को पत्र लिखा है बाइट इसका इसलिए मैंने लिखा क्योंकि जब एक कार्यक्रम में था वहां इलाहाबाद में तो मैंने उनसे अनुरोध किया था अपने भाषण में तो उसके बाद यह चर्चा कुछ ज्यादा हो गई थी कहां से चली थी मुझे नहीं पता कि सिद्धार्थ जी ने चिट्ठी के माध्यम से कहा है एक दिन मैं मिला गवर्नर साहब से यही चिठ्ठी की बात होने लगी तो मैंने चिट्ठी लिखी है और वह पहले जो मैंने शुरुआत करी थी उनके कार्यक्रम में उस पहल को मैं एक कदम और आगे लेकर जाऊंगा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

केन्द्र सरकार भीड़ की हिंसा की घटनाओं से निपटने के लिए जरूरत पड़ने पर एक कानून लायेगी लोकसभा में शून्यकाल में इस मुद्दे से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने फिर कहा कि सरकार ऐसे जघन्य अपराधों को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का फैसला किया है गृहमंत्रो की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक समूह इस समिति की रिपोर्ट पर विचार करेगा

उसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो हमारी चेयरमैन के पक्ष में बना है

राज्य सरकार ने आगरा के ताज महल की सुरक्षा और संरक्षण के बारे में दृष्टिपत्र की पहली मसौदा रिपोट आज उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश की

राज्य सरकार ने कहा है कि ताजमहल के आसपास के क्षेत्रों में बोतल बंद पानी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध होगा तथा ज्यादा से ज्यादा पर्यटन केन्द्र खोले जाएंगे रिपोर्ट में ताज महल और उसके आसपास पैदल चलने वालों के लिए व्यापक यातायात प्रबंधन योजना बनाने की बात कही गई है यमूना नदी के पास की सड़कों पर यातायात सीमित किया जायेगा दुष्टि दस्तावेज में यमूना नदी खादर और तटवर्तीय क्षेत्रों में किसी प्रकार का निर्माण न करने और वानिकी को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया गया है गौतमबूद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा से पूलिस ने बंगला देश के दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है इनकी पहचान रूबेल अहमद उर्फ मुनीर उल इस्लाम और मुशर्रफ हुसैन उर्फ मूसा के रूप में हुई है पुलिस के अनुसार यह दोनों बगलादेशी आतंकवादी जमात उल मुजाहिदीन बंगलादेश के सदस्य है और पुलिस के दबाव में इस वर्ष मार्च से अपना देश छोड़ कर भागे हुए थे और गाजियाबाद गौतमबुद्ध नगर जिलों में सक्रिय थे इन्हें राज्य प्लिस के आतंकवादी निरोधक दस्ते एटीएस गौतमबुद्ध नगर पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस के संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया गया

पुलिस इनकी गतिविधियों की जानकारी के लिए इन्हें पश्चिम बंगाल भी लेकर जा सकती है राज्य के अधिकांश हिस्सों में वर्षा न होने के कारण लोग उमस भरी गर्मी से परेशान है वहीं वर्षा न होने के कारण कृषि कार्य भी बुरी तरह प्रभावित है